केन्द्र सरकार ने पाकिस्तान को दिए जा रहे अपने हिस्से के नदियों के पानी को रोकने का फैसला किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल करेंगे टोंक जिले का दौरा मंगलवार को रहेंगे चूरू के दौरे पर रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने दिल्ली सराय सीकर रेलगाड़ी का नाम सैनिक एक्सप्रेस करने की घोषणा की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अनुरोध किया है कि वे आतंकवाद के साजिशकर्ताओं उसको अंजाम देने वालों धन उपलब्ध कराने वालों और प्रायोजकों को सजा दिलाने में भारत के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करें

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस हमले को घृणित और कायरतापूर्ण बताया निन्दा प्रस्ताव में पाकिस्तान स्थित आतंकी गुट जैश ए मोहम्मद का भी नाम लिया गया जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है परिषद ने प्रतिबद्धता व्यक्त की कि किसी भी प्रकार का आंतकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा है सदस्य देशों ने इस हमले की जिम्मेदारी तय करने और उनको सजा दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया केन्द्र सरकार ने कहा है कि हम अपने हिस्से का पानी पाकिस्तान नहीं जाने देंगे कई ट्वीट संदेशों में जल संसाधन मंत्री नितिन गड़करी ने कहा कि भारत पूर्वी नदियों के पानी के बहाव को मोड़कर इसकी जम्मु कश्मीर और पंजाब में आपूर्ति करेगा उन्होंने कहा कि रावी नदी पर शाहपुर कांडी बांध निर्माण का काम शुरू हो गया है श्री गड़करी ने कहा कि उस परियोजना से जम्मू और कश्मीर में इस्तेमाल के लिए भारत के हिस्से का पानी एकत्रित किया जाएगा और बाकी पानी अन्य राज्यों के लिए उपलब्ध कराने के लिये रावी ब्यास द्वितीय लिंक से छोड़ा जाएगा केन्द्र सरकार ने तीन तलाक से जुड़े अध्यादेश को फिर से लागू कर दिया है केन्द्रीय विधि मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिकार अध्यादेश सहित चार अन्य अध्यादेश पर कल हस्ताक्षर किये केन्द्रीय केबिनेट ने मंगलवार को इस अध्यादेश को आगे बढाने की मंजूरी दी थी

पार्टी के एक पदाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री देशभर के करीब नौ लाख बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिये लोगों से उनके विचार और सुझाव मांगे हैं इस बारे में सुझाव और विचार नरेन्द्र मोदी एप के माध्यम से भेजे जा सकते हैं

इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समुचे नेटवर्क पर किया जाएगा

श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने नई दिल्ली में कहा कि यह प्रस्ताव स्वीकृति के लिए वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल टोंक का और मंगलवार को चूरू का दौरा करेंगे

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अधिकारियों को आपसी समन्वय से प्रधानमंत्री के दौरे की सभी तैयारियां समय पर करने के निर्देश दिये उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अजमेर और टोंक के वरिष्ठ अधिकारियों को भी प्रधानमंत्री की प्रस्तावित यात्रा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए रेलगाड़ी में महिला सुरक्षा को और मजबूत करने के लिये रेल मंत्रालय ने महिला बोगी पिंक कलर की करने और कोच में पैनिक बटन लगवोंने की योजना को मंजूरी दे दी है इसके अलावा बोगी की खिडकी पर जाली लगाने की भी कार्रवाई जल्द शुरू हो रही है पूर्वोत्तर रेलवे में इसकी शुरूआत हो गई है जबकि इस संबंध में अन्य रेलवे जोनो को निर्देश जारी किये गये है रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने झुंझुनूं में सांसदों की मांग पर दिल्ली सराय सीकर रेलगाड़ी का नाम सैनिक एक्सप्रेस करने की घोषणा की है झंझनू रेलवे स्टेशन पर कल आयोजित समारोह में रेल राज्य मंत्री सिन्हा ने नेशनल ट्रेन इन्क्वायरी सिस्टम का शुभारम्म किया

इस अवसर पर रेल राज्य मंत्री ने पुलवामा में हुए आंतकी हमले में झूंझनू क्षेत्र के शहीद श्योराम गुर्जर को श्रद्धांजलि अर्पित की उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र का हर गॉव अपने सैनिक के शौर्य तथा शहादत के लिए पहचान रखता है प्रतापगढ जिले के सरकारी अस्पताल में चिकित्सक और चिकित्साकर्मियों की ओर से रक्तदान शिविर लगाकर पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्वाजंलि दी गई शिविर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी और चिकित्सको सहित अन्य कर्मचारियों ने बढचढकर हिस्सा लिया शिविर में सौ युनिट रक्त संग्रहित किया गया प्रदेश के सरसों और चना उत्पादक किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिये राजफैड के माध्यम से समर्थन मूल्य पर की जाने वाली खरीद की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं इसके लिये केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिये गये हैं

झालावाड़ जिले की ग्रांडिया जोगा ग्राम पंचायत में कल आयोजित शिविर में खाद्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री रमेश चन्द्र मीणा ने किसानों को कृषक ऋण माफी योजना के तहत ऋण माफी प्रमाण पत्र बांटे इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिना किसी मेदभाव के सभी लोगों के विकास के लिये हर संभव प्रयास कर रही हैं